उन्होंने कहा कि जल संकट का न केवल लोगों तथा परिवारों पर बल्कि देश और उसके विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है श्री मोदी ने कहा कि पानी का विषय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिल के बहत नजदीक था इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल प्रबंधन समय की जरूरत है क्योंकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है जल शक्ति मंत्री ने कहा अटल भूजल योजना का मूलाधार यही है कि गांव अपने क्षेत्र का अपने गांव के भूजल का प्रबंधन करें गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल की कल हई बैठक में छह हजार करोड़ रुपये की इस योजना को मंजूरी दी गयी थी

वे तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने

अटल बिहारी वाजपेयी प्रखर राजनेता और ओजस्वी वक्ता के साथ एक जन कवि भी थे

आज महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती भी मनाई जा रही है इस अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जा रहा है

बाद में श्री मोदी ने अटल बिहारी के नाम पर बनने वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखी

भाजपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने वाजपेयी जी के चित्र पर प्ष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है

आरोपी ने परिवादी ठेकेदार से धरोहर राशि और बैंक गारंटी राशि जारी करने की एवज में दो लाख रूपये रिश्वत की मांग की थी जिस पर पेशगी के तौर पर एक लाख रूपये की पहली किश्त लेते हुए आरोपी सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया गया

गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और प्रभु यीशु के जन्म की झांकियां सजाई गई है ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है और किसमस केक बनाये गये है जयपुर के चांदपोल स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में आयोजित किसमस कार्यक्रम में बडी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग सम्मिलित हुए और केरल्स गाकर प्रभू के जन्म की खुशियां बांटी प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसमस का पर्व पारम्परिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि वहां किसमस की छुटिटयों में बडी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे है जिनके लिए होटलों में विशेष इंतजाम किए गए है

शेखावाटी क्षेत्र में पड रही तेज सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है वहां दिन में भी लोगों को अलाव जलाते देखा जा रहा है